ये योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना बताई जा रही है इसके तहत करीब दस करोड परिवारों को हर साल पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा इसका लक्ष्य पचास करोड़ लोगों को नकदी रहित इलाज की सुविधा प्रदान करना है

योजना के तहत लाभार्थी देश में कहीं भी बिना किसी परेशानी के इलाज करवा सकते हैं

श्री मोदी ने एक टवीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव देने का आग्रह किया है

हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश का यह ऐसा विद्यालय होगा जिसका निर्माण भामाशाह द्वारा इतनी बड़ी धनराशि से करवाया जा रहा है श्रीमती मोहश्वरी ने बड़ा भाणुजा क्षेत्र में राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और नवीन राजस्व गांव मेराजिया में पाईप लाईन विस्तार कार्य का भी लोकार्पण किया

पहला हादसा जाडन टोल के पास हुआ जहां एक मोटरसाइकिल आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई हादसे में दो लोगों की मौत हो गई दूसरा हादसा सेंदड़ा में घटा जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटर साइकिल पर सवार दो लोगों की मौत हो गई अन्य हादसा सोजत के पास हुआ जहां जीप का टायर निकल कर पलट जाने से चालक की मृत्यु हो गई

लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे संभाग में नाकाबंदी करवा दी लेकिन लुटेरों का सुराग नहीं लगा

राजधानी जयपुर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे विभिन्न स्थानों पर पानी भर गया है

बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश से जलाशयों में पानी की आवक बढ़ी है वहीं धौलपुर में भी रिमझिम बारिश हो रही है बारिश से तापमान में गिरावट आई है मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के लिये येलो अलर्ट जारी किया है